मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये हैं अब किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके उन्होंने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानूनों के लिये की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है

इसमें प्रलोभन या दबाव डालकर धर्मांतरण करने का दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर पांच साल तक कैद का प्रावधान किया गया है कम से कम पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड का प्रावधान भी है

इस बार तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक पण्डित सतीश व्यास को दिया गया है पांच दिवसीय समारोह की शुरूआत पारंपरिक ढंग से हुई तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन हरिकथा मिलाद चादरपोशी और कव्वाली गायन हुआ

भोपाल के ओलिंपियन हाँकी खिलाडी इनाम उर रेहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा रहा है इंदौर के अभिलाष एमटी और शरद जपे के साथ ही भोपाल के गिरधारी लाल यादव को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है विक्रम पुरस्कार के लिये भोपाल की राजेश्वरी कशराम भोपाल के फराज खान इंदौर के अद्वेत पागे जबलपुर की मुस्कान किरार देवास के जय मीणा भोपाल की चिंकी यादव इंदौर की प्रजा पारखे और ग्वालियर की करिश्मा यादव को चुना गया है

खंडवा में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में खण्डवा के साथ साथ हरदा बैतूल बुरहानपुर होशंगाबाद के युवा भी शामिल हो सकेंगे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मुलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है